सरकार ने जिलों से वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखने को कहा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रशिक्षण देने के नाम पर हो रही जालसाजी पर तुरंत रोक लगाने को कहा है पटना में श्रम संसाधन विभाग और कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुये श्री मलिक ने कहा कि आईटीआई संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण देने के नाम पर छल रहे हैं उन्होंने इस मामले में सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण मिल सके श्री मलिक ने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों से बाजार और उद्योग की जरूरत के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने को कहा जिससे उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो केन्द्र सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ नीति लाने जा रही है जिससे बिजली बिल में कमी आयेगी इस संबंध में केन्द्र ने सभी राज्यों से इस वर्ष के अन्त तक बिजली चोरी से होने वाले नुकसान को कम करने को कहा है प्रस्तावित नीति के मुताबिक यदि बिजली वितरण कम्पनियां बिजली चोरी कम करने में विफल रहती है तो भी इस नुकसान का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जायेगा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई टैरिफ नीति में एक रूपये प्रति यूनिट तक बिजली दरों को कम किया जा सकता है नई नीति अगले साल एक अप्रैल से लागू हो सकती है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दानापुर और किउल स्टेशन का रूट रिले इंटरलॉकिंग का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि इंटरलॉकिंग के काम को उनका मंत्रालय वरीयता के आधार पर प्ररा कर रहा है श्री गोयल ने कहा कि पटना जंक्शन पर छह स्वचालित सीढ़ियां और चार लिफ्ट लगाई जा रही हैं वहीं पटना जंक्शन के प्लेटफार्मों के उन्नयन का काम भी चल रहा है जिसे तीन महीने के अंदर पूरा कर लिया जायेगा केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आधार के बायोमीट्रिक डाटा को किसी भी कीमत पर चुराया नहीं जा सकता है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री प्रसाद ने कहा कि डाटा स्टोर की व्यवस्था को संसदीय मंजूरी से पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बनाया गया है प्रदेश में जून महीने से लेकर अब तक सामान्य से छत्तीस प्रतिशत कम बारिश हुई है सिर्फ पश्चिम चम्पारण सीतामढ़ी मध्रबनी किशनगंज और भागलपुर में ही सामान्य वर्षा हुई है वहीं पटना सहित बाईस जिलों में साठ प्रतिशत से छियासी प्रतिशत तक कम बारिश हुई है जिसका सीधा असर धान की रोपनी पर पड़ा है राज्य सरकार ने कम बारिश को देखते हुये जिलों से वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखने का निर्देश दिया है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पन्द्रह जुलाई तक रोपनी होने से धान का उत्पादन अधिक होने की सम्भावना रहती है हालांकि कम अवधि वाले धान की रोपनी जुलाई माह के अंत तक की जा सकती है इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक बारिश की सम्भावना नहीं के बराबर है विभाग के अनुसार मॉनसून ट्रफ के देश के मध्य इलाकों में होने के कारण प्रदेश में मॉनसून की बारिश रूकी हुई है हालांकि इस दौरान स्थानीय कारणों से कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोसी गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि से उत्तर और पूर्वी जिलों तथा सीमांचल के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है कोसी नदी का पानी सुपौल जिले के दर्जनों गांव में फैल गया है वहीं गोपालगंज जिले के बरौली के सिकटिया गांव के पास गंडक नदी में पानी के तेज बहाव से सलेमपुर बांध पर पानी का दबाव बढ़ा हुआ है नेपाल के मौसम विभाग ने इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लोकार्पित बाणसागर परियोजना से प्रदेश के आठ जिलों के किसानों को लाभ होगा इस परियोजना से रोहतास जिले के इंद्रपूरी बराज में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा जिससे रोहतास कैमूर बक्सर भोजपूर औरंगाबाद जहानाबाद अरवल और पटना जिले के किसानों को लाभ होगा जल संसाधन विभाग के अनुसार इस परियोजना के शुरू हो जाने से बारिश के पानी पर निर्भरता कम होगी क्योंकि पानी भण्डारण की क्षमता बढ़ने से बराज को अधिक पानी मिलेगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम तेईस जुलाई को जारी किया जायेगा इसके बाद चौबीस जुलाई से काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जायेगी काउंसिलिंग की अतिम तिथि दस अगस्त तक निर्धारित की गयी है बीएड सीटीई के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एसके सिन्हा ने बताया कि पटना में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जायेगी इस आधार पर अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन किया जायेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के अध्रे पड़े आवासों का निर्माण मिशन मोड में किया जायेगा राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह और सत्रह अठारह के अध्रे आवास को पूरा करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का चौड़ीकरण करवाया जायेगा ग्रामीण विभाग विकास के अनुसार लगभग बारह हजार किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण होगा पौने चार मीटर चौड़ाई वाली सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर साढ़े पांच मीटर की जायेगी वहीं योजना के तहत पांच वर्ष पूर्व तैयार सड़कों की मरम्मत भी करवाई जायेगी पटना से सब्जियों और फलों का निर्यात खाड़ी देशों में करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग ने एयरलाइंस कम्पनियों को अनूमति दे दी है प्रस्तावित योजना के अनुसार पटना एयर पोर्ट से फल और सब्जी घरेलू विमान से दिल्ली और मुम्बई भेजे जायेंगे जहां से सामानों को खाड़ी देश भेजा जायेगा अभी बिहार से सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश को फलों और सब्जियों का निर्यात किया जाता है मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रदेश के तेरह जिलों अररिया बांका औरंगाबाद गया जमुई मुजफ्फरपुर नवादा शेखपुरा बेगूसराय खगड़िया कटिहार पूर्णियां और सीतामढ़ी में विशेष अभियान चलाकर आज से छब्बीस जुलाई तक गर्भवती महिलाओं और दो साल तक के बच्चों को दस जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाये जायेंगे टीकाकरण के लिए लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या आंगबाड़ी केन्द्रों में सम्पर्क कर सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधायक अशोक चौधरी के घर के में गेट के सामने से बरामद किए गए सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है देर रात विधायक के आवास के सामने सात बम मिले थे वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि ये सुतली बम थे उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में फ्रांस की जीत को अपनी पहली सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है फ्रांस फुटबॉल का बादशाह चार दो से क्रोएशिया को हराकर बना विश्व विजेता दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है लटकी परियोजनाओं को पूरा कर रहा है केन्द्र दैनिक भास्कर लिखता है बीआईटी पटना के ग्यारह छात्रों ने बनाया मेडिशाला एप डॉक्टरों से इलाज के लिए घर से ही लगा सकेंगे नम्बर प्रभात खबर लिखता है सप्ताह में कोवल चार दिन उड़ेगी पटना बेंगलुरू फ्लाईट राष्ट्रीय सहारा सुर्खी है स्नातक में नामांकन के लिए सूची जारी

सरकार ने जिलों से वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखने को कहा